देश में नये मामलो की संख्या कुल मामलों का केवल पांच दशमलव चार चार प्रतिशत है

महिलाओं ने आज सुबह गोवर्धन बनाकर सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर परिवार में ख्शहाली की कामनाएं की कोरोना महामारी के संक्रमण की वजह से इस साल गोवर्धन पूजन के समय महिलाओं ने ज्यादा भीड नहीं की और छोटे छोटे समृह में पुरे विधि विधान के साथ पुजन किया

भाईदूज के त्योहार के साथ ही पांच दिवसीय दीपावली महोत्सव का भी समापन हो जाएगा

इस दौरान जैन श्रद्वाल़ओं ने पूजा अर्चना कर मोदक चढ़ाया इस दौरान समाज के लोगों ने भंगवान महावीर के सिद्धांतों का सार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा कि हमें जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाना होगा गौरतलब है कि महावीर स्वामी ने कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन ही स्वाति नक्षत्र में कैवल्य ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त किया था

कल से शुरू हुए इस मेले का विषय कोरोना के प्रति जागरूकता तय किया गया है इस अवसर पर आयोजित हो रही प्रतियोगिता में कोरोना से जंग जीतने और और जागरूकता बढ़ाने से संबंधित संदेश देते हुए वीडियो बनाकर बच्चे प्रतियोगिता की कैटेगरी के अनुसार अपनी एंट्री ऑनलाइन भेज सकेंगे जीतने वाले प्रतिभागी को राज्य स्तर पर कैश अवार्ड भी दिया जाएगा